राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं

कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे सांझा

आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा

बधाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रकाश का ये पर्व बुराई पर अच्छाई व अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पर्व प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का ये पर्व आपसी स्नेह व भाईचारे की भावना को और मज़बूत करेगा

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने भी इस पर्व पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं म्ख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दीपावली के अवसर पर आज टूटीकंडी बालिका आश्रम का दौरा किया और बालिकाओं को मिठाई फल व पटाखे वितरित किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोशनी का ये पर्व हमें विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद न छोड़ने का संदेश देता है जयराम ठाकुर ने कहा कि जीवन में कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है उन्होंने आश्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि के प्रावधान का आश्वासन भी दिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रहीं कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ खेलकूद गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं ऊना ज़िले के राजकीय उच्च विद्यालय बुढवार में खण्डस्तरीय कबड़डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं महैया करवाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज मण्डी ज़िले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग डेढ़ करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए उन्होंने मंडप में नई उप तहसील का शुभारम्भ करते हुए कहा कि उपतहसील के खुलने से लोगों को राजस्व संबंधी कार्यो के लिए सुविधा होगी

शिविर लाहौल स्पीति जिले के कुकुमसेरी में कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आज एक शिविर व किसान मेले का आयोजन किया गया इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा कि लाहौल स्पीति को प्राकृतिक खेती अपनाने वाला प्रदेश का पहला ज़िला बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं

इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र कुकुमसेरी के वैज्ञानिकों ने लोगों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की जानकारी भी दी अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने हमीरप्र में आज सांसद स्टार खेल महाकुम्भ में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया

उन्होंने कहा कि इस महाकुम्भ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को गति मिली है

उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने व उनकी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यो में लगाने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

इसी कड़ी में आज केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र के नेतृत्व में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में गांधी संकल्प पदयात्रा निकाली गई इस यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने भाग लिया लोगों को इस पदयात्रा के माध्यम से स्वच्छता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके

दत्तात्रेय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षकों से विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए समर्पित होने का आहवान किया है आज शिमला के एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि लड़कियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रतिबंधित करने वाले कृत्रिम सामाजिक अवरोध अब समाप्त हो गए हैं जिसके कारण लड़कियों ने हर क्षेत्र में पुरूषों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है उन्होंने कहा कि यह अत्यंत संतोषजनक है कि हर वर्ष लड़कियां बोर्ड परीक्षाओं में भी लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं दत्तात्रेय ने कहा कि विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में अपना शत प्रतिशत योगदान देना चाहिए ताकि वे ईमानदारी समर्पण और कर्तव्यनिष्ठाा से देश को नई ऊंचाईयों पर ले जा सकें इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत भी किया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा निरीक्षण दिवाली त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों के निरीक्षण दलों ने ऊना शहर का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश जारी किए इस दौरान नापतोल विभाग के अधिकारियों ने मिठाई विक्रेताओं को मिठाई को डिब्बे के साथ न तोलने के निर्देश दिए और ग्राहकों से भी इस संदर्भ में जागरूक रहने का आहवान किया

दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है आज के दिन शाम को दीप दान की प्रथा है इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और उनके लिये दीप दान किया जाता है मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है मुलाकात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पच्छाद व धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में दोनों प्रत्याशियों की जीत प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यक्रमों व नीतियों के प्रति जनादेश है ये बात मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने आईं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक रीना कश्यप व उनके समर्थकों को संबोधित करते हुए कही इस अवसर पर नवनिर्वाचित विधायक रीना कश्यप ने कहा कि वे क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्धता व निष्ठा से कार्य करेंगी आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वितीय वाहिनी बबेली द्वारा लाहौल स्पीति ज़िले के दुर्गम क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स किट व सोलर लाइटे वितरित की गई कमांडेंट कुशल कुमार ने बताया कि स्पीति उपमण्डल के किब्बर व डंखर गांव में क्रिकेट व वॉलीबॉल किट जबकि क्याटो व लोसर गांव में दस दस सोलर लाइटें आबंटित की गई हैं निधन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह कटोच का आज दोपहर बाद इंदौरा में उनके निजि आवास पर निधन हो गया